प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त महिलाएं सामाजिक बुराइयों को दूर करन में कारगर भूमिका निभा सकती हैं विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी देश भर की एक करोड़ से अधिक महिलाओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संवाद में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना जरूरी है उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमशील होती हैं और उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें तो बस काम करने का अवसर चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे जरूरी है कि उन्हें अपनी क्षमता योग्यता और कुशलता समझने का मौका दिया जाए महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है महिलाओं को स्वयं की शक्तियों को अपनी योग्यता को अपने हुनर को पहचानने का अवसर उपलब्ध हो हमारी माता बहनों को अवसर मिल जाता है वो कमाल करके दिखा देती हैं श्री मोदी ने कहा कि स्व सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में आर्थिक सम्पन्नता का आधार बन रहे हैं और देश की महिलाओं में समाज में बदलाव लाने की क्षमता है उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह गरीबों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए आर्थिक विकास की धुरी बने हुए हैं और इनसे महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं

एक तरह से पांच करोड़ परिवारों के लिए एक और कमाने वाले व्यक्ति का इजाफा हुआ है जिससे एक और इनकम का सोर्स तैयार हुआ है सोनभद्र जनपद में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एनआरएलएम से जुड़ी महिलाओं से प्रधानमंत्री ने संवाद स्थापित किया गया उन्होंने कार्यक्रम को प्रेरणादायी बताया मिर्जापुर जनपद में एक सौ तीस कॉमन सर्विस सेंटर पर लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने तथा परीक्षाओं में नकल और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए विश्वविद्यालयों को नये विद्यार्थियों के प्रवेश को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बने इस अवसर पर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानन्द और शहीद कोतवाल धन सिंह गूर्जर की प्रतिमा का लोकार्पण और एक सौर ऊर्जा संयंत्र का श्रभारम्भ करते हुए राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द के जीवन दर्शन से लोगों को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि समाज के दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के लिए हम सभी को प्रयास करने चाहिए

नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री राठौड़ न कहा कि असल में तो कांग्रेस ने देश के संविधान से छेड़छाड़ की है और नागरिकों की स्वतंत्रता का हनन किया है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सहमति से समलैंगिक संबंध अपराध नहीं माना जाएगा तो सामाजिक कलंक और भेदभाव जैसे अन्य मुद्दे भी खत्म हो जायेंगे शीर्ष न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि भारतीय समाज में कुछ वर्षों में ऐसा माहौल बनाया गया है कि जिससे समलैंगिक लोगों के प्रति गहरा भेदभाव बरता जा रहा है दूर संचार आयोग ने इंटरनेट की सुविधा निष्पक्ष ढंग से प्रदान किए जाने के लिए नेट निरपेक्षता नियमों का अनुमोदन कर दिया है इन नियमों से सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट की विषय वस्तु और सेवाओं में भेदभाव करने से रोका जा सकेगा अब वे ब्लॉकिंग थ्राटलिंग या उच्चतर स्पीड एक्सेस के जरिए भेदभाव नहीं कर सकेंगे कल नई दिल्ली में बैठक के बाद दूरसंचार आयोग की अध्यक्ष अरुणा सुंदर राजन ने बताया कि रिमोट सर्जरी और ऑटोनोमस कारों जैसे कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशन या सेवाओं को नेट निरपेक्षता के दायरे से बाहर रखा जाएगा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

प्रदेश में केंद्र सरकार की समेकित शिक्षा योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को सशक्त बना कर मुख्य धारा में लाया जा रहा है इस योजना के तहत दिव्यांग बच्चों को विशेष सहायता उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं और शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है

मेरठ के रहने वाले कैलाश प्रकाश के बेटे का दिमागी विकास ठीक ढंग से नहीं हुआ था लेकिन बेटे की पढ़ाई की चिंता इस योजना का लाभ मिलने से दूर हो गई

आज मेरा बच्चा जो कक्षा तीन में है वो समझने लगा है और वह जो लिखने भी लगा है और पढ़ने भी लगा है और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि जो हमारी भारत सरकार है उसने ऐसा टीचर रख दिया है जो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं

योजना के लाभार्थी ओमवीर सरकार ने ऐसा अच्छा कदम उठाया है कि इन बच्चों के लिए भी मुझे व्हील चेयर दी स्कूल पहुंचाने के लिए और टीचरों ने भी हमारा साथ दिया उसको पढ़ाने के लिए सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है

राज्य में मानसून के फिर से सक्रिय होने के चलते विभिन्न भागों में वर्षा का क्रम शुरू हो गया है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में राज्य के पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में कई स्थानों पर हल्की से भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की है हमीरपुर में दो दिनों के दौरान हुई वर्षा से लोगों को राहत मिली है वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं मिर्जापूर में वर्षा के कारण मौसम खुशनुमा हो गया है कौशाम्बी में वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है बलरामपुर में वर्षा होने से कृषि कार्य शुरू हो गये हैं एक रिपोर्ट जनपद बलरामपुर में रात से ही रुक रुक कर हो रही बरसात से जहां आम जनजीवन को उमस भरी गर्मी से राहत मिला है वही किसानों के चेहरे खिल गए हैं जिले के तराई क्षेत्र जहां कृषि पूर्णतया वर्षा पर आधारित है वहां किसानों ने धान की रोपाई प्रारंभ कर दिया है किसानों के अनुसार इस समय धान की रोपाई का उपयुक्त समय चल रहा है ऐसे में वर्षा किसानों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है साथ ही खरीद के अन्य फसल उड़द मूंग जवाहर जसे दलहनी फसलों की बुआई भी समय से हो सकेगी रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर बरेली जनपद में वर्षा शुरू होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और धान रोपाई का काम शुरू हो गया है हमारी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट बरेली जिले में दो दिन से रुक रुक हो रही हल्की बारिश से जंहा एक तरफ मौसम सुहाना हो गया है वही किसानों को अच्छी फसल की आस बंधी है और किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे है इन दिनों क्षेत्र में धान की बुवाई का काम चल रहा किसानों का कहना है बुवाई के समय हल्की बारिश फसल के लिए संजीवनी काम कर रही वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है अगले दो दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा जिससे धान की फसल को फायदा होगा

पहाड़ी क्षेत्रों तथा राज्य के उत्तरी भाग में हाल ही में श्रू हुई वर्षा के कारण कई नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकला में खतरे के निशान से एक मीटर उन्नीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से नीचे बह रही है शारदा नदी में बनबसा बैराज से आज एक लाख तेरह हजार क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से नदी पीलीभीत में उफान पर है तथा ट्रांस शारदा क्षेत्र में जल भराव शुरू हो गया रमनगरा के कुरैना गांव में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोग चिंतित है वहीं हजारा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत राणा प्रताप नगर में घरों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है जिला प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करने के निर्देश दिये है अमेठी जनपद के जगदीशपुर क्षेत्र में कल देर रात एक कार और ट्रक की टक्कर में पाच लोगों की मौत हो गई पुलिस ने बताया कि फैजाबाद रायबरेली मार्ग पर हलियापुर के पास यह दुर्घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई